राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का व्यापक विस्तार हुआ है लेकिन गुणवत्ता का स्तर बढ़ाने पर अभी और कार्य करने की ज़रूरत है बंडारू दत्तात्रेय ने ऑनलाईन शिक्षा को मुख्य धारा में लाने के लिए कार्य योजना प्रस्तुत करने को भी कहा है

इसका संचालन जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से किया जा रहा है

सरवीण शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि सुदृढ़ ग्रामीण व्यवस्था एक मजबूत राष्ट्र की रीढ़ होती है उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण आर्थिकी को मजबूत करने तथा ग्रामीणों के जनजीवन को खुशहाल बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है सरवीण चौधरी आज शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के झुलाड़ और डोहब गांवों में महिला मंडलों को चैक व मास्क वितरण के उपरांत बोल रही थीं उन्होंने लोगों से कोरोना महामारी से बचने के लिए सामाजिक दूरी का विशेष ध्यान रखने की अपील की सरवीण चौधरी ने कहा कि सरकार पंचायतीराज संस्थाओं को सुदृढ़ करने और इनके माध्यम से ग्रामीणों को विकास में भागीदार बनाने के लिए विशेष प्रयास कर रही है परीक्षा परिणाम प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने मार्च में ली गई जमा दो कक्षा की वार्षिक परीक्षा का परिणाम आज घोषित कर दिया

परीक्षा परिणाम में एक बार फिर बेटियों ने बाजी मारी है

भाजपा प्रदेश भाजपा ने लद्दाख की गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में अगले दो दिनों तक अपने सभी राजनीतिक कार्यक्षम स्थगित कर दिए हैं पार्टी ने यह फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के निर्देशानुसार लिया है पार्टी के प्रदेश संयोजक त्रिलोक जमवाल ने कहा कि इस दौरान पार्टी की पहले से तय कोई भी वर्चुअल रैली नहीं होगी इस बीच गलवान के शहीदों को श्रद्वांजलि देने के लिए छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर एक श्रद्वांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया

मृतकों में सांगला के सूरज कृष्ण सुरजीत सिंह और शंकुतला शामिल है